सत्तारूढ़ भाजपा चौंतीस निकायों के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई प्रदेश के सात नगर निगमों के मेयर पदों में पांच पर भाजपा और दो पर कांग्रेस की जीत निकाय चुनावों पर भाजपा और कांग्रेस ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया भाजपा ने चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में बताया तो कांग्रेस ने इस चुनाव को राज्य में अपनी वापसी करार दिया बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान उद्वव और कुंबेर की उत्सव यात्रा आज पाण्डुकेश्वर पहंची अगले छह माह भगवान बद्री विशाल की पूजा यहां की जाएगी

चमोली जिले की पोखरी नगर पंचायत में चुनाव परिणाम रोका गया है यहां कल दोबारा मतदान किया जाएगा निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा ने मुख्य विपक्षी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए राजधानी देहराद्न के मेयर पद सहित चौंतीस निकायों के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है कांग्रेस को पच्चीस सीटें मिली हैं जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए तेईस निकाय अध्यक्ष पदों पर कब्जा किया है बहुजन समाज पार्टी ने भी जसपुर में एक सीट पर अध्यक्ष पद अपने नाम किया राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से मिले परिणामों के अनुसार प्रदेश के सात नगर निगमों के मेयर पदों में पांच पर भाजपा ने जीत हासिल की जबकि दो अन्य सीटों पर बाजी कांग्रेस के हाथ लगी निकाय चुनाव परिणाम जारी देहरादून नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को पैंतीस हजार से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया वहीं भाजपा के अन्य प्रत्याशियों में अनीता मंमगाई ने ऋषिकेश उषा चौधरी ने काशीपुर और रामपाल सिंह ने रूद्रप्रुर से मेयर पद पर जीत हासिल की साथ ही हल्द्वानी में भाजपा के जोगेंद्रपाल सिंह रौंतेला मेयर पद पर विजयी रहे उधर दो नगर निगमों में कांग्रेस के मेयर चुने गए जिनमें कोटद्वार में हेमलता नेगी और हरिद्वार में अनीता शर्मा ने जीत हासिल की इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि श्री गामा देहरादून की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और उनके र्नतृत्व में देहरादून नगर निगम शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा

प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्षद पद के कुल एक हजार चौंसठ पदों पर घोषित नतीजों में सबसे ज्यादा पांच सौ इक्यावन सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती हैं भाजपा ने दूसरा स्थान सुरक्षित करते हुए कुल तीन सौ तेईस सीटों पर कब्जा किया जबकि कांग्रेस ने तीसरे स्थान पर रहते हुए एक सौ इक्कयासी सीटें प्राप्त की वहीं बहुजन समाज पार्टी को चार आम आदमी पार्टी को दो उत्तराखण्ड क्रान्ति दल को एक और समाजवादी पार्टी को भी एक सीट मिली प्नर्मतदान चमोली जिले की पोखरी नगर पंचायत के अध्यक्ष और एक वार्ड पर कल प्रनर्मतदान होगा अध्यक्ष पद पर मत पत्रों पर मुहर और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण इस नगर पंचायत का परिणाम रोक दिया गया इस मामले में चमोली के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित पीठासीन अधिकारी के निलंबन की संस्तुति करने के साथ ही बूथ में तैनात अन्य कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है इस बूथ पर कल सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा और देर शाम तक परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी

देहरादून भाजपा कार्यालय में आज उत्सव का माहौल बना रहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर लड़े गये चुनाव में उनकी पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है उन्होंने कहा कि जब निकायों का विस्तार किया गया था तो विपक्षी दल ने नाराजगी जतायी थी लेकिन जिन निकायों का विस्तार हुआ वहां भाजपा के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभासद पदों पर पिछले निकाय में भाजपा के एक सौ सतत्तर उम्मीदवार चुन कर आये थे वो संख्या बढ़कर इस बार तीन सौ छह हो गई है श्री रावत ने कहा कि निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि जनता ने एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताया है वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि जो लोग भाजपा की आलोचना कर रहे थे उन्हें चुनाव के नतीजों से जवाब मिल गया है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा वे आज भी पार्टी में ही हैं